ओंकार शर्मा ने कहा कि मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार इन स्कूलों के प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय समिति का पंजीकरण किया जा रहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कई संस्थानों और राज्य सरकारों ने मेडिकल की पीजी सीटों को भरने के लिए दाखिले की अंतिम तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है

एक अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा है कि नई व्यवस्था पहली जून से लागू होगी आरटीजीएस प्रणाली के तहत मुख्य रूप से बड़ी धनराशि अंतरित की जाती है भेंट जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल एनएन वोहरा ने कल राजभवन शिमला में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की

ये चयन लक्की ड्रॉ के माध्यम से किया गया है ज़िला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के दौरान अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये योजना बनाई थी लोकसभा चुनाव में मतदान की दृष्टि से ऊना ज़िला पूरे प्रदेश में प्रथम रहा है

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक तनवीर सिंह मान ने कहा है कि ये भर्ती सैनिक सामान्य ड्यूटी और सैनिक लिपिक पदों के लिए होगी

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में अब आगे नहीं बन सकेंगी फोरलेन सड़कें भौगोलिक परिस्थितियों के मददेनजर लिया फैसला पंजाब केसरी ने खबर दी है सेना के ट्रक में लगी आग नौ जवानों ने कूद कर बचाई जान दैनिक जागरण लिखता है सॉफटवेयर में अपलोड होगा शिक्षकों का रिकॉर्ड तबादले के समय पता चलेगा शिक्षक ने पहले कहां दी सेवाएं दैनिक भास्कर का शीर्षक है दलाईलामा व सत्यार्थी करेंगे करूणा पर चर्चा मानवता के उत्थान के लिए लिखेंगे किताब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी खबर को हिमाचल दस्तक ने सुर्खी दी है राहल गांधी को मनाने के लिए राठौर ने बुलाई आपात बैठक त्रियूंड में अवैध कब्जों पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट जिलाधीश कांगड़ा को निरीक्षण करने के आदेश शीर्षक से खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता दी है आपका फैसला ने पूर्व मख्यमंत्री शांता कुमार के हवाले से लिखा है रोपवे के लिए स्विस सरकार के साथ बातचीत सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय इसी समाचार पत्र के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में खुलेंगे तीन एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल अमर उजाला लिखता है मनाली लेह हाईवे नौ माह बाद एक जून से होगा बहाल इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल एचपीयू प्रोफेसर को निलंबित करने के आदेश

ऊना जिला में सड़क दुर्घटना पर अजीत समाचार ने लिखा है ट्रैक्टर ट्राली खाई में गिरी तीन मरे मौसम पर दैनिक जागरण की सुर्खी है हिमाचल में साल का सबसे गर्म दिन उना व शिमला में दर्ज किया गया साल का सबसे अधिक तापमान